रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सेना की ताकत और क्षमता कई गुना बढ़ी बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिये प्रदेश के दौरे पर पहुंचा केन्द्रीय अध्ययन दल कल लेंगे सीहोर की स्थिति का जायजा

विंध्या वैली के उत्पाद अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ ही फिलपकाटॅ और अमेजोन पर भी उपलब्ध होंगे भोपाल उमरिया नरसिंहपुर सहित कई जिलों में बारिश से बदला मौसम का मिजाज लोगों को उमस से मिली राहत

अंबाला स्थित वायु सेना स्टेशन पर एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में शामिल किया गया रफाल विमानों ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ साथ सुखाई विमानों के साथ तालमेल बैठाते हुए शक्ति तथा तालमेल और जौहर का प्रदर्शन भी किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि रफाल लड़ाकू विमान से वायु सेना की ताकत और क्षमता कई गुना बढ गयी है

संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री के नेतृत्व वाली टीम में कृषि वित्त जल संसाधन सड़क परिवहन और राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं केंद्रीय अध्ययन दल कल से बाढ़ प्रभावित जिलों सीहोर रायसेन होशंगाबाद हरदा और देवास का दौरा कर फसलों सहित अन्य नुकसान का आकलन करेगा

उन्होंने ई गोपाल ऐप की भी शुरूआत की जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले चार पांच वर्ष में इन योजनाओं पर बीस हजार करोड़ रूपये से अधिक खर्च किये जायेंगे फिल्म कोरोना रीवा रीवा पुलिस प्रशासन ने कोरोना को लेकर लोगों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से स्थानीय कलाकारों द्वारा एक फिल्म तैयार कराई है कोरोना काल की बह नाम की इस फिल्म के बारे में बताते हुए आईजी चचंल शेखर ने कहा कि यह फिल्म लोगों को जागरूक करने में मददगार साबित होगी

साथ ही एमेजोन फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन भी बिकी की जाएगी इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मार्केटिंग की नई रणनीति तैयार की गई है बोर्ड के प्रबन्ध संचालक गौतम सिंह ने बताया है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाली विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच सक्रियता बढ़ाना है इसका उद्देश्य उनके बीच अधिक से अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना भी है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्य प्रदेश को मणिपुर और नागालैंड के साथ जोड़ा गया है इन राज्यों के बीच विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं

श्री चौहान आज मुरैना जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर थे

समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे मौसम अब खबर मौसम की राजधानी भोपाल में आज दोपहर बाद बादल छाने से लोगों को उमस से राहत मिली वहीं शाम होते ही यहां गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी उधर उमरिया में भी आज कई दिनों बाद तेज बारिश हुई नरसिंहपुर जिले में भी कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने लगा है जिसके चलते कल से प्रदेश के कई जिलों में बरसात का सिलसिला शुरू होने की संभावना है मौसम विभाग ने बड़वानी अलीराजपुर बुरहानपुर खंडवाखरगोन रतलाम उज्जैन देवास रीवा सतना सागरदमोह जिलों में बारिश के आसार जताए हैं